मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नौ फरवरी को बजट सदन में पेश किया था इसमें कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है

कटौती प्रस्ताव प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में छात्रों का नामांकन बढ़ाने पर जोर दे रही है आज शिक्षा विभाग को लेकर लाए गए कटौती प्रस्ताव के जवाब में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ये बात कही

उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के बावजूद भी अभिभावक निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं शिक्षा मंत्री ने कहा कि एससीईआरटी के अध्ययन में ये खुलासा हुआ है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नागरिक सेवाओं के वितरण के लिए एकीकृत पोर्टल ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का आज शिमला में शुभारंभ किया इन सेवाओं में बिजली पानी के बिल और सम्पत्ति कर का भुगतान पानी व सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन बिजली के लिए एनओसी लेने और मलबे की डम्पिंग की अनुमति के लिए आवेदन सेवाएं शामिल हैं

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने डिजि लॉकर के माध्यम से राशन कार्ड और परिवार नकल रजिस्टर संबंधी दस्तावेजों की उपलब्धता का भी शुभारंभ किया भाजपा केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया है

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत हाल ही में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के प्रतिशोध में समय और स्थान का चयन करेगा क्योंकि इसकी योजना ठीक से बनाई जाएगी तथा इस पर अच्छे से विचार किया जाएगा

नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी एप्प और माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार और सुझाव भेजने का आग्रह किया है लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य भी डायल कर सकते हैं